वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आरोप प्रदेश को मदद के मामले में यूपीए कार्यकाल में हुआ भेदभाव कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं वीरभद्र सिंह और आनंद शर्मा ने विभिन्न मुद्दों पर भाजपा को घेरा ऊंची चोटियों पर हिमपात और अन्य भागों में वर्षा से तापमान में गिरावट कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि से फसलों को नुक्सान

ऐसे में चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आज केलंग और भरमौर विधानसभा क्षेत्र के किलाड़ में चुनाव प्रचार का कार्यक्रम था लेकिन खराब मौसम के चलते वे इन स्थानों पर नहीं पहुंच सके उन्होंने दूरभाष के माध्यम से ही इन स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित किया उधर हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने गगरेट विधानसभा क्षेत्र जबकि कांगड़ा से उम्मीदवार किशन कपूर ने ज्वाली क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया मंडी से पार्टी प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा अपने निर्वाचन क्षेत्र और शिमला से सुरेश कश्यप शिमला ग्रामीण क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में चुनाव प्रचार पर रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम क्मार ध्मल ने बड़सर विधानसभा क्षेत्र की पंचायतों में चुनाव प्रचार किया उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षो में देश ने विकास की नई रफ्तार देखी है और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित हुए है पार्टी नेता व कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने केलंग में एक जनसभा में कहा कि पार्टी केंद्र व राज्य सरकार की उपलिब्धयों के साथ जनता के बीच जा रही है प्रचार चुनाव प्रचार को गति देने के लिए भाजपा व कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भी प्रदेश में प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह कल चंबा बिलासपुर और नाहन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज चंबा में रैली की तैयारियों का जायजा लिया

शिमला से जारी बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा को भारी जनसमर्थन मिल रहा है और कांग्रेस को हराने में उसकी अंदरूनी लड़ाई अपना किरदार निभा रही है

उन्होंने कहा कि जनता जानती है कि केंद्र में एनडीए सरकार रहेगी तभी राज्य की विकास योजनाओं को जारी रखा जा सकेगा

इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जा रहे है

एक ब्यान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की जनसभा में उन्हीं की पार्टी की एक नेत्री के साथ कथित बदसुलूकी चिंता का विषय है और इस घटना से साफ है कि भाजपा महिलाओं को किस तरह सम्मान दे रही है रणधीर शर्मा प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी अपने न्यूनतम जनाधार पर सिमट जाएगी एक ब्यान में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने इस पहाड़ी राज्य में विकास की नई इबारत लिखी है जबकि कांग्रेस सरकार ने अपने संसाधन बढ़ाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया उन्होंने भाजपा पर व्यानबाजी करने के बजाय कांग्रेस को अपने बिखरे हुए कुनबे पर ध्यान देने की सलाह दी है राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लोगों से जीवन में सकारात्मक सोच पैदा करने का आहवान किया है शिमला के उपनगर पंथाघाटी में आज एक समारोह में उन्होंने कहा कि ईश्वर के प्रति समर्पण और अहंकार का त्याग कर हम सुखमय जीवन जी सकते हैं आचार्य देवव्रत ने कहा कि शांति व आनंद का जीवन विज्ञान के साथ नहीं बल्कि आध्यात्म के साथ है कांग्रेस प्रचार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज शिमला जिले के चौपाल में पार्टी उम्मीदवार धनीराम शांडिल के पक्ष में चुनावी जनसभा की उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश का विकास केवल कांग्रेस की ही देन रहा है इस अवसर पर वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने एनडीए सरकार पर जनता से किए वायदे पूरा न करने का आरोप लगाया है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि राज्य में कांग्रेस मजबूत है और भाजपा इससे परेशान है उधर कांगड़ा से पार्टी उम्मीदवार पवन काजल ने आज फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र जबकि मंडी से प्रत्याशी आश्रय शर्मा ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया लोक नृत्य लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए कुल्लू के आनी में जिला स्तरीय मेले के समापन अवसर पर आज विशाल लोक नृत्य का आयोजन किया गया

इसके माध्यम से लोगों को मतदान करने का संदेश दिया गया

सुरक्षा लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक सम्पन्न करवाने के लिए कुल्लू जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है इसके लिए जिले में सशस्त्र बल तैनात किए गए हैं सशस्त्र बल की एक ट्कड़ी ने कल्लू शहर सहित कई इलाकों में पलैग मार्च किया ताकि लोग बिना किसी डर के मतदान कर सके

जिला निर्वाचन अधिकारी ललित जैन ने कहा कि चुनाव ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने पर कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी उन्होंने सभी उपमंडल अधिकारियों को पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए परिवहन व्यवस्था की समीक्षा करने और रूट चार्ट जारी करने के निर्देश भी दिए पर्यवेक्षक लाहौल स्पीति भरमौर और पांगी विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव आयोग द्वारा तैनात सामान्य पर्यवेक्षक अतनू चटर्जी ने आज केलंग में सूक्ष्म पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की उन्होंने पर्यवेक्षकों को मतदान प्रक्रिया में उनकी भूमिका की विस्तार से जानकारी दी मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए रहे और दोपहर बाद चंबा और शिमला ज़िले के कुछ स्थानों पर जोरदार वर्षा हुई उधर जनजातीय ज़िले लाहौल स्पिति और किन्नौर की ऊंची चोटियों पर रूक रूक कर हल्का हिमपात हुआ जिससे क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है मौसम की बेरूखी से किन्नौर जिले में आलू और मटर सहित अन्य फसलों की बिजाई में बाधा आ रही है इधर शिमला ज़िले के ऊपरी इलाकों में कई स्थानों पर भारी ओलावृष्टि से किसानों व बागवानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है जबकि निचले ज़िलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा का समाचार है मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में गिरावट आई है जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है

रक्तदान राष्ट्रीय विकास संस्था शिमला ने आज ऐतिहासिक रिज मैदान पर एक रक्तदान शिविर लगाया

उन्होंने कहा कि शहर के अस्पतालों में रक्त की कमी को देखते हुए ये शिविर लगाया गया